कहा किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदेश सरकार ने यूवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का किया है फैसला

श्री मोदी ने कहा कि नया विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा देश के किसानों के कल्याण की दिशा में कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विषेयक पारित किए गए हैं इन विषेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नये कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं एप्रीकल्वर मार्केट के प्राक्षानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं उसी बदलाव के बाद इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर झूठ फैलाने पर भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं

प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से जवित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है तेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंवित रखा गया है मजबूर किया गया अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान श्रू करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में रिक्त पड़े पदों के बारे में अवगत कराया जाये और अगले तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके छह महीने के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिये जाये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में पिछले तीन सालों में तीन लाख भर्तियां की गई है उन्होंने कहा कि मृख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू करने के निर्देश दिये हैं इस संबंध में भर्ती बोर्ड और आयोग के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित की जायेगी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि दो हजार तीस तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार क्षमता वृद्वि और आधनिकीकरण के लिए पचास लाख करोड रुपये निवेश करने की आवश्यकता होगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने रेलवे में पिछले छह वर्षो में स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं किया है रेलमंत्री ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी रेलमंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे की रिक्त पदों को समाप्त करने की भी कोई योजना नहीं है

उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है

उन्होंने अपर मृख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मृख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को जिलाचिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में सफलतापूर्वक उपचारित रोगियों के इलाज के बारे में विचार विमर्श कर स्वस्थ होने की दर बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हए आगामी पर्वो और त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन न किये जाये और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या सड़सठ हजार आठ सौ पच्चीस है जिनमें से पैंतीस हजार एक सौ चौबीस लोग होम आइसोलेशन में रह रहे है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक दो हजार बीस और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक दो हजार बीस राज्यसभा ने पारित कर दिया है यह कानून इस संबंध में अप्रैल में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में एक वर्ष के अंदर केन्द्रीय परिषद के प्नर्गठन का प्रस्ताव है विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्वतियां हैं और इनका वैज्ञानिक आधार है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं